प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति से निपटने के लिए सेना द्वारा उठाये गये कदमों की समीक्षा की प्रदेश में आज कुछ स्थानों पर आंधी चलने के समाचार अजमेर उदयपुर बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ सुधीर भंडारी ने बताया कि हल्के लक्षण या लक्षण रहित कोविड के रोगियों का घर पर ही उपचार सम्भव है इन रोगियों की समय समय पर घर पर ही खून में ऑक्सीजन स्तर की जांच पल्स ऑक्सीमीटर से करनी चाहिए उन्होंने कहा कि मध्यम या गम्भीर लक्षण वाले रोगियों में यदि ऑक्सीजन लेवल सही है तो उनकी भी समय समय पर घर पर ही मॉनीटरिंग की जाए स्थिति में बदलाव या हालत गम्भीर होने पर तुरन्त चिकित्सक की निगरानी में उपचार कराया जाए डॉ भंडारी ने बताया कि सांस लेने में तकलीफ होने सीने में दर्द चक्कर आने मानसिक स्थिति में बदलाव आने की हालत में तुरंत रोगी का चिकित्सक की निगरानी में उपचार कराया जाए

अब तक करीब डेढ करोड लोग इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं

श्री गहलोत ने ट्वीट कर ये जानकारी दी उन्होंने अपने संदेश में कहा कि उन्हें कोरोना के किसी भी तरह के लक्षण नहीं है और वह ठीक महसूस कर रहे है श्री गहलोत ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आईसोलेशन में रहकर काम जारी रखेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री गहलोत और उनकी पत्नी के जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद जताई है राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पत्नी सुनीता गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने भी श्री गहलोत के जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है

इधर प्रदेश में टीकाकरण का काम जारी है जयपुर में आज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से कार्यालय में ही विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित किया गया

बांसवाडा में आज आरसीएचओ नरेन्द्र कोहली ने टीकाकरण व्यवस्था का जायजा लिया उन्होंने टीका लगवाने आए लोगों से बात भी की

वहीं सीकर के धर्मगुरु मौलान मंजूर ने कहा कि टीका लगवाने से ही कोरोना महामारी को खत्म किया जा सकता है उन्होंने कहा कि रोजेदार भी टीका लगवा सकते हैं

प्रधानमंत्री और थलसेना अध्यक्ष एमएम नरवणे ने कोविड प्रबन्धन में मदद के लिए सेना की विभिन्न कदमों और उपायों पर विचार विमर्श किया सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को बताया कि सेना ने अपने चिकित्सा कर्मचारियों को राज्य सरकारों की सेवा में तैनात किया है उन्होंने कहा कि सेना देश के विभिन्न भागों में अस्थायी अस्पताल बना रही है इसके अलावा सेना अपने अस्पतालों को भी नागरिकों के लिए खोल रही है

बूंदी में सामाजिक संस्थाओं की ओर से कोरोना संक्रमितों के घर भोजन भी पहंचाया जा रहा है श्रीगंगानगर में कोविड संक्रमितों के लिए तपोवन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एम्ब्रेलेंस सेवा शुरू की गई है

विभिन्न जनप्रतिनिधि भी कोविड से लडाई में अपना सहयोग देने के लिए आगे आ रहे हैं

इसी बीच कोविड जागरुकता के लिए स्काउट गाइड द्वारा चलाये जा रहे जागरुकता कार्यक्रमों आज राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक वेबिनार के माध्यम से समीक्षा की

इसके बाद ब्रंदाबांदी होने से मौसम सुहावना हो गया है

इस बीच मौसम विभाग ने अजमेर उदयपुर बीकानेर और जोधपुर संभाग में कही कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है इसके अलावा पाली राजसमंद जालोर सिरोही उदयपुर चित्तौडगढ ड्रंगरपुर बाडमेर जैसलमेर और जोधपुर जिलों में कहीं कहीं मेघगर्जन और तीस से पचास किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी दी गई है